प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह चुनाव मैदान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल सुबह केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना साथ में केदारपूरी में विकास और निर्माण कार्यो की समीक्षा की ब्द्द पूर्णिमा का पर्व कल प्रदेश भर में धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में प्रदेश की तेरह संसदीय सीटों महराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर राबर्ट्सगंज और आगरा उत्तर विधानसभा सीट के उप चुनाव के लिये मतदान अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गया है निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिये सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक का समय निर्घारित किया है ताजा जानकारी के लिए आइये चलते हैं अपने संवाददाता सुशील चन्द्र तिवारी के पास जो कि इस समय वाराणसी में एक मतदान केन्द्र पर मौजूद हैं

मतदान का समय होते ही वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो गयी

लोग कतार में लग कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं

सातवें चरण के लिये प्रदेश के तेरह जिलों में तेरह हजार नौ सौ उन्यासी मतदान केन्द्र और पच्चीस हजार आठ सौ चौहत्तर मतदेय स्थल बनाये गये हैं आगरा उत्तर विधानसभा सीट पर हो रहे उप चुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया है आगरा उत्तर विधानसभा के लिए बारह प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उत्तर विधानसभा से भाजपा विघायक जगन प्रसाद गर्ग का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण यह सीट रिक्त हुई थी मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पच्चीस माइक्रोआब्जर्वर चार जोनल और बत्तीस सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है उधर आजमगढ़ लोकसभा सीट के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या तीन सौ सँतीस प्राथमिक विद्यालय करउत पर पुनर्मतदान भी शुरू हो गया है लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के प्रमुख प्रत्याशियों में वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं वहीं केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडे चंदौली से और पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह कुशीनगर सीट से चुनाव मैदान में हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल केदारपूरी में विकास और निर्माण कार्यो की समीक्षा की कल तड़के उन्होंने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री आज बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे वे दोपहर बाद वहां पूजा अर्चना करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जायेंगे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार करीब चार लाख तीर्थयात्री अब तक चारों धामों में पूर्जा अर्चना कर चुके हैं बुद्ध पूर्णिमा का पर्व कल प्रदेश भर में धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रदेश के सभी स्थानों पर कल विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये गये भगवान बुद्व की महापरिनिर्वाण स्थली कश्रीनगर में कल ध्मधाम से रथ यात्रा निकाली गयी इसमें बौद्व मिक्ष्ओं तथा स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया इसके साथ ही क्शीनगर में लगभग दो महीने तक चलने वाला बैशाखी मेला भी कल से शुरू हो गया भगवान बुद्ध की बाल क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु और प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये वहां देश विदेश से आए बौद्ध धर्मावलबिम्यों ने विश्व शांति के लिए पूर्जा अर्चना की और शोभायात्रा निकाली फर्रूखाबाद जिले के संकिसा स्थित बौद्व स्तूप पर भी बुद्द पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रमों के आयोजन किये गये अमरोहा में गजरौला स्थित बौद्व मंदिर में लोगों ने बुद्व पूर्णिमा का पर्व मनाया बौद्व भिक्सुओं ने वहां रथ यात्रा भी निकाली केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित मुद्दों पर आयोग के कामकाज को लेकर मीडिया की रिपोर्टो पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है आयोग ने इन रिपोर्टो को अनावश्यक करार देते हुए कहा है कि ये ऐसे समय आई हैं जब देशमर में सभी मुख्य चुनाव अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मतदान के आखिरी चरण और मतगणना की जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं हाल ही में आयोग की एक बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान उठे मुश्रों पर विचार के लिए एक समूह गढित किया जाना चाहिए और आदर्श आचार संहिता भी उन्हीं मुद्दों में शामिल है